केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने नागरिकता संशोधन विधेयक को मंजूरी दे दी है मंत्रिमंडल की बैठक के बाद आज नई दिल्ली में मीडिया से बातचीत करते हये केन्द्रीय सूचना एवं प्रसारण प्रकाश जावड़ेकर ने कहा कि भारत के हितो की रक्षा करने वाले इस विधेयक को जल्द ही संसद में पेश किया जायेगा

यह विधेयक संसद के मौजूदा सत्र में पेश किया जायेगा केन्द्रीय संचार मंत्री रवि शंकर प्रसाद ने आज लोकसभा में बताया कि मोबाइल फोन टावरों से निकलने वाली विकरणों का कोई विदित द्ष्प्रभाव नहीं है और इससे पक्षियों को भी कोई न्कसान नहीं होता वह प्रश्नकाल के दौरान एक सवाल का जवाब दे रहे थे मंत्री ने कहा कि भारत में पक्षी स्वस्थ है और पक्षियों का प्रवास पहले ही भांति हो रहा है उन्होंने कहा कि भारत के मोबाइल फोन टावर विश्व मानदंडो की तुलना में दस गुणा ज्यादा स्रक्षित है और भारत में कड़े कानून है

प्रवर्तन निदेशालय की एक टीम ने आज हरियाणा के पूर्व मुख्यमंत्री ओम प्रकाश चौटाला के डब्वाली के गांव तेजाखेड़ा स्थित फार्म हाउस और पंचकूला के मनसा देवी स्थित आवास पर छापेमारी की

कोठी के बाहर एक नोटिस भी चसपा किया गया है कोठी के बारह संपति को अटैच करने सम्बधी बोर्ड भी लगा दिया गया है सिरसा से हमारे संवाददाता ने बताया कि केन्द्रीय रिज़र्व पुलिस बल के जवानों के साथ पहंचे प्रवर्तन निदेशालय के अधिकारी करीब तीन बजे तक फार्म हाउस में मौजूद रहे

काबिलेगौर है कि प्र्व मुख्यमंत्री के विरूद्व आय से अधिक सम्पति के कई मामले विचाराधीन है भारतीय किसान संघ के एक प्रतिनिधि मंडल ने आज कृषि एवं किसान कल्याण मंत्री जय प्रकाश दलाल से मुलाकात कर सहकारी बैंको से ब्याज माफी योजना की अंतिम तिथि और आगे बढ़ाये जाने और टयूब्वैलों से सम्बधित सरचार्ज माफी योजना की अवधि बढ़ाने का अन्रोध किया उन्होंने कृषि मंत्री को अपनी मांगों के बारे ज्ञापन भी सौंपा किसानों ने प्रधानमंत्री फसल बीमा योजना में बदलाव करके जल भराव आग लगने तथा अन्य कारणों से खराब हई फसलों का म्आवजा दिये जाने और बेसहारा पश्ञांे की उचित व्यवस्था करने की मांग भी की है कृषि मंत्री ने किसानों को उनकी मांगों पर विचार कर आगामी कार्रवाई करने का आशवासन दिया है

रोहतक जिले में हरियाणा सहकारी चीनी भाली आनंदप्र का पिराई सत्र आज से श्रू हो गया हरियाणा के सहकारिता मंत्री डा बनवारी लाल ने पिराई सत्र का श्भारंभ किया सहकारिता मंत्री ने चीनी मिल में पहले गन्ना लाने वाले किसानों को सम्मानित भी किया इस मौके पर किसानों ने मंत्री के सामने अपनी समस्यायें भी रखी अपने संबोधन में सहकारिता मंत्री ने किसानों की समस्याओं के समाधान का आश्वासन दिया और कहा कि पराली की समस्या का भी समाधान किया जाएगा

केन्द्रीय मंत्रिमंडल ने लोकसभा और राज्य की विधानसभाओं में अन्सुचित जातियों और जनजातीयों का आरक्षण ओर दस वर्ष तक जारी रखने के प्रस्ताव को मंजूरी दे दी है

सरकार ने केन्द्रीय संस्कृत विश्वविद्यालय विधेयक को भी पारित दे दी है इसे संसद में पेश किया जायेगा इस विधेयक में तीन डीम्ड संस्कृत विश्वविदयालयों को केन्द्रीय विश्वविद्यालयों में परिवर्तित करने का भी प्रावधान है

पूर्व म्ख्यमंत्री भूपेन्द्र सिंह हडडा से आज प्रवर्तन निदेशालय के कार्यालय में प्छताछ की गई हमारे संवाददाता ने बताया कि उनसे करीब चार घंटे तक प्रछताछ की गई हालांकि प्रवर्तन निदेशालय द्वारा प्छताछ सम्बधी कोई जानकारी नहीं दी गई लेकिन सत्रों से मिली जानकारी के अन्सार सूत्रों से मानेसर भूमि घोटाले सम्बधी मामले में पूछताछ की गई है

पलवल के जिला चिकित्सा अधिकारी प्रदीप शर्मा ने आज बताया कि सिविल अस्पताल में टी बी के मरीज़ो का सीबी नेट किया जा रहा है उन्होंने कहा कहा कि इस कार्यक्रम के तहत हर मरीज की जांच की जायेगी अगर व्यक्ति की जांच में टी बी पाई गई तो त्रंत इलाज श्रू कर दिया जायेगा

जिला चिकित्सा अधिकारी ने बताया कि टी बी को समाप्त करने मे सहयोग करने वाले व्यक्ति व संस्था को सरकार दवारा प्रत्येक मरीज़ की देखभाल करने दवाई देने व टी बी का इलाज प्रा करवाने के एवज़ में चार हजार रूपये से लेकर आठ हजार रूपये तक सहायता राशि प्रदान की जायेगी

आज अम्बाला के उपाय्क्त अशोक कुमार शर्मा ने अम्बाला जिले के शहरी व ग्रामीण क्षेत्र के लिए क्लीन अम्बाला ऐप को लॉच किया इस ऐप पर कोई भी व्यक्ति गंदगी व फसल अवशेष जलाने से सम्बन्धित फोटो के साथ अपनी शिकायत अपलोड कर सकता है

हरियाणा सरकार ने जिला रेवाड़ी की ग्राम पंचायत बालावास को खण्ड जाट्साना से खण्ड रेवाड़ी में और सिरसा की ग्राम पंचायत धिंगतानिया को खण्ड नाथ्सरी चौपटा से खण्ड सिरसा में शामिल करने का निर्णय लिया है